राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कल से धार्मिक स्थलों शॉपिंग मॉल रेस्तरां होटल और कार्यालयों को खोलने की तैयारी कर रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन स्थानों को खोलने के लिए चार जून को मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की थीं स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार मॉल रेस्तरां या कार्यस्थलों में जाते समय सभी कर्मचारियों कामगारों या मालिकों को सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा इनमें कम से कम छह फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना और फेस कवर या मास्क पहनना शामिल है खांसते या छींकते समय पूरी सावधानी बरतनी होगी इनमें खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को टिशू या रूमाल या किसी अन्य तरीके से ढकना और टिशू पेपर का समुचित रूप से निपटान करना शामिल हैं सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी किसी भी तरह की बीमारी होने पर जल्द से जल्द राज्य या जिला हेल्पलाइन पर सम्पर्क करना होगा रेस्तरां में खाना खिलाने के बजाय भोजन पैक करवाने की बात कही गयी है कर्मचारियों और मालिकों को फेस कवर या मास्क इस्तेमाल करना अनिवार्य है धार्मिक स्थलों पर पैंसठ वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं न आने की सलाह दी गयी है राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है इस दौरान कल राज्य के विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमितों के नब्बे नये मामले सामने आये हैं इसके साथ ही राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या एक हजार दो सौ अठाईस हो गई है

इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर छियालीस फीसदी हो गई है जबकि चार सौ तिहत्तर मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुटटी दे दी गई है

जिसकी पुष्टि उपायुक्त संदीप सिंह ने की है इनमें सात चितरपुर की चार दुलमी के और पांच रामगढ़ शहर से हैं सभी संक्रमित महाराष्ट्र तमिलनाडू गुजरात कर्नाटक और कोलकाता से लौटे थे गुमला जिले में कोरोना से संक्रमित दस मरीजों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही जिले में कोरोना संकमितों की संख्या बढ़कर सैंतीस हो गयी है उपायुक्त शषि रंजन ने कहा है कि जिनके रिपोर्ट पॉजिटिव पाये जा रहे हैं उन्हें तत्काल आइसोलेषन वार्ड में भर्ती कर उनकी विस्तृत जानकारी ली जा रहा है पष्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना संकमण के कल पांच नये मामले सामने आए हैं सभी संक्रमित बंदगांव प्रखंड के हैं जो अन्य राज्यों से लौटे थे

लातेहार जिले में कल दो नये कोरोना संक्रमित मिले हैं इसकी पुटि करते हुए जिले के उपायुक्त जिषान कमर व सिविल सर्जन डॉ संतोष कुमार ने कहा है कि दोनों मरीज प्रवासी मजदूर हैं इन्हें जांच के बाद सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है इनमें एक गुजरात के सूरत से लौटा है जबकि दूसरा मरीज दिल्ली से लौटा था जिले में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या बाईस हो गयी है जिनमें से नौ लोग स्वस्थ्य हुए है जिन्हें होम क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया है

देश में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद एक दिन में कोरोना संक्रमितव्यक्तियों की ये सबसे अधिक संख्या है

देश में कोरोना से मृत्यु दर दो दशमलव आठ शून्य प्रतिशत है

इनमें पांच सौ बीस सरकारी और दो सौ बाईस निजी प्रयोगशालाएं हैं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

वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि न्यूमोनिया जैसी बीमारी का सामना कर रहे लोगों को ज्यादा साक्धान रहना चाहिए और आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए दुमका और बेरमो में पांच जुलाई के बाद उपचुनाव होंगे इसे लेकर चुनाव आयोग ने विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा है इसमें कहा गया है कि कोरोना संकमण के खतरे को देखते हुए झारखंड सहित आठ राज्यों में पांच जुलाई तक चुनाव की संभावना पर विचार नहीं किया जा सकता है आयोग ने राज्य चुनाव पदाधिकारी से चुनाव की तैयारी और कोरोना संकमण की स्थिति की जानकारी भी ली है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने उपलक्ष्य में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों और कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाये है

इसके अलावा प्रतिभावान प्रवासी भारतीयों को वापस लाने तथा भारतीय संस्थाओं में अनुसंधान कार्य करने के लिए भी कई कदम उठाये गये हैं सरकार ने युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने तथा नवाचार और जिज्ञासा की भावना विकसित करने के लिए अटल नवाचार मिशन गठित किया है सरकार देश की उच्चतर शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी ला रही है जोकि विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धतियों में एक होगी नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना उपभोक्ता केन्द्रित सेवा और लोगों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है इस योजना से बिना किसी लागत के जीरो बैलेन्स से खाता खोलना संभव हुआ है

उन्होंने कहा कि देश के आकांक्षी जिलों में यह योजना विशेष रूप से सहायक रही है

नीति आयोग और माइक्रो सेव कंसल्टिंग ने इसका आयोजन किया था निर्धनों के लिए विश्व बैंक के परामर्श दाता समूह की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रेटा बुल ने कहा कि जनता के हित में डिजिटल बुनियादी ढ़ांचा अपनाने का भारत का फैसला इस योजना की सफलता का आधार है

खूंटी जिले में कोरोना महामारी के बीच हर स्तर पर आर्थिक मजबूती के लिए प्रयास जारी है

विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही इन फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने और तथ्यों की जांच के बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोरोना एक वायरस है और अभी तक इसका कोई विशेष मेडिकल उपचार नहीं है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के हस्ताक्षर के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद के लिये दो अध्यादेश लागू हो गए हैं

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इन दोनों अध्यादेशों को मंजूरी दी थी ये अध्यादेश कृषि उपज के निर्बाध व्यापार को सुगम बनायेंगे और किसानों को उनकी पसंद के प्रायोजकों के साथ जुड़ने के लिए सशक्त करेंगे राज्य में अगले पांच दिनों तक मौसम का मिला जुला असर रहेगा कुछ जिलों में दो दिनों तक कहीं कहीं बारिष हो सकती है वहीं कुछ जिलों में गर्मी भी पड़ेगी मौसम विभाग के अनुसर दस और ग्यारह जून को पूरे राज्य में बारिष होने का अनुमान है विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी जिलों में कहीं कहीं बारिष और वज्रपात भी हो सकती है